मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा होम आईसोलेशन में कोरोना रोगियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करें आशा कार्यकर्ता केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर लगाया आपदा के समय लोगों को गुमराह करने का आरोप

इन तीन सरल उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें मास्क लगायें दो गज की सुरक्षित दूरी बनाये रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें

उन्होंने पात्र लोगों से इस टीकाकरण के लिए अपना पंजीकरण करवाने और अप्वाईटमेंट तय करने को कहा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि टीकाकरण केंद्रों पर अनावश्यक भीड़भाड़ से बचने के लिए लोग अपने कार्यक्रम के अनुसार ही टीका लगवाने आएं उन्होंने लोगों से टीकाकरण के दौरान कोविड उपयुक्त व्यवहार की अपील भी की

जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि होम आईसोलेशन में रह रहे कोरोना रोगियों के साथ आशा कार्यकर्ता बेहतर समन्वय स्थापित करें ताकि उनके स्वास्थ्य मानकों पर उचित निगरानी रखी जा सके मुख्यमंत्री आज वर्चअल माध्यम से आशा कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना रोगियों को होम आईसोलेशन से अस्पतालों में स्थानांतरित करने में देर रोगियों की मौत के प्रमुख कारणों में से एक है उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना की पहली लहर के दौरान एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान की सफलता में आशा कार्यकर्ताओं ने अहम भूमिका निभाई उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को महामारी के दौरान लोगों को इससे बचाव के बारे में शिक्षित करने के लिए आगे आना चाहिए मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि आशा कार्यकर्ताओं की सभी जायज मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा सुरेश भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्दाज ने आज शिमला के रिपन अस्पताल में कोरोना रोगियों के लिए तनाव से मुक्ति और सकारात्मक वातावरण तैयार करने के उदेश्य से म्युजिक सिस्टम का शुभारम्भ किया उन्होंने कहा कि इस सिस्टम के आरंभ होने से कोरोना वार्ड में रोगी अवसाद से बचने में सक्षम होंगे सुरेश भारद्वाज ने बाद में नगर निगम शिमला में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किए जा रहे विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया विपिन परमार विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि सिविल अस्पताल पालमपुर में सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस वार्ड जल्द काम करना शुरू कर देगा

उन्होंने इस मौके पर स्वास्थ्य कर्मियों को पीपीई किट और सेनिटाईजर वितरित किए धुमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन लगवाना और कोरोना से बचाव के निर्देशों का पालन करना ही इस महामारी से बचने का सबसे सरल उपाय है उन्होंने आज एक बयान में लोगों से बिना वजह घरों से बाहर न निकलने की भी अपील की इस बीच भाजपा नेताओं किशन कप्र राजीव बिंदल रीना कश्यप बलदेव भंडारी बलदेव तोमर और रवि मेहता ने कोरोना से मुकाबले के लिए चिकित्सा राहत सामग्री भेजने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का आभार जताया है इन नेताओं ने कहा कि इस सामग्री से कोरोना रोगियों व पुलिस कर्मियों को इस महामारी से लड़ने में मदद मिलेगी

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने देशवासियों को कोरोना से बचाने और राहत पहुंचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है ये कोरोना से लड़ने की दिशा में केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है उन्होंने कोरोना से बचने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की अपील की ताकि अस्पतालों पर कम से कम दबाव पड़े अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि आपदा के समय विपक्ष सरकार का साथ देने के बजाय लोगों को गुमराह कर रहा है उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर विपक्ष द्वारा की जा रही राजनीति को दुर्भावना से परे बताया और कहा कि इसी विरोध के चलते देश में लाखों की संख्या में वैक्सीन बर्बाद हई उमंग कोरोना काल में आईजीएमसी शिमला में खून की कमी को दूर करने के लिए स्वयं सेवी संस्था उमंग फॉउडेशन राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रक्तदान शिविर चलाने का बड़ा अभियान चलाएगी

मौसम प्रदेश में बीते दो रोज से मौसम के साफ बने रहने से राज्य के मैदानी इलाकों में लोगों को प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ रहा है

इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में राज्य में प्रचंड गर्मी से राहत की संभावना जताई है

रणधीर शर्मा भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कांग्रेस के कुछ नेताओं पर प्रदेश की जनता में डर का माहौल पैदा करने का आरोप लगाया है